रेलमंत्री पीयूष गोयल आज पटना और आरा में कई यात्री सुविधाओं और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे श्री गोयल पटना के बापू सभागार में दोपहर पौने एक बजे आयोजित समारोह में पटना दीघा रेल खंड की जमीन बिहार सरकार को सौंपेंगे रेलमंत्री सुपौल अररिया नई रेल लाईन का शिलान्यास तथा दरभंगा के बिरौल से हरनगर तक नई रेल लाईन का लोकार्पण और तीन जोड़ी ट्रेनों के परिचालन मार्ग का विस्तारण भी करेंगे वे नव निर्मित रक्सौल नरकटियागंज ब्रॉडगेज रेल लाईन पर ट्रेनों के परिचालन की शुरूआत करेंगे इसके अलावा दिन के ढाई बजे आरा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में वे कई यात्री सुविधाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे मौसम विभाग ने बिहार सहित देश के सोलह राज्यों में दो दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने के कारण आज और कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है पटना गया औरंगाबाद और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज बारिश होने के आसार हैं पूर्वी और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है सीबीआई की टीम ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की इससे पूर्व टीम ने बालिका गृह में लगभग ग्यारह घंटे तक छानबीन की इस दौरान सीबीआई को कई आपत्तिजनक चीजें मिली है इस बीच बालिका गृह कांड की पीड़िताओं की पहचान सार्वजनिक करने के आरोप में निलंबित सीपीओ रवि रौशन की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बालिका गृह कांड की अभियुक्त मधु के एनजीओ को भी नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है इधर समाज कल्याण विभाग की टीम ने पटना के राजीवनगर में संचालित आसरा गृह की जांच पड़ताल की जांच में कई खामियां मिली है जिसके बाद संस्था के सचिव को जल्द से जल्द राजीवनगर से आसरा गृह हटाने का निर्देश दिया गया ऐसा नहीं होने पर आसरा गृह के संचालन का जिम्मा वापस लेने की चेतावनी दी गयी जिला बाल कल्याण इकाई के सहायक निदेशक दिलीप कामत ने बताया कि संवासिनों के भागने के प्रयास में संस्था को दोषी पाया गया है केन्द्र सरकार ने देश के बाल आश्रय गृह में रह रहे तीस हजार से अधिक बच्चों के आधार कार्ड को ट्रैक चाइल्ड पोर्टल से जोड़ा है इससे बाल गृहों से लापता हुए बच्चों की रिपोर्ट करने और उससे संबंधित जानकारियां हासिल करने में मदद मिलेगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि किसानों की आमदनी दुगुनी करने में मनरेगा योजना का सबसे अधिक लाभ बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा श्री मोदी ने पटना में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए मनरेगा योजना की राशि बढाकर पचपन हजार करोड़ रूपये कर दिया है उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूर केन्द्रित योजना है जिसके तहत लघु और सीमांत किसानों की निजी जमीन पर खेती पशुपालन और अन्य कृषि कार्यों के लिए मनरेगा मजदूरों का इस्तेमाल किया जा सकता है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों को अपने क्रियाकलापों में आधुनिक ज्ञान और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए श्री मलिक ने पटना में कुलपतियों की बैठक में पुस्तकालयों की पूरी व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने की सलाह दी उन्होंने सभी बीएड कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि बीएड पोस्ट मोबाइल ऐप का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि कक्षाओं में शिक्षकों और छात्रों की नियमित उपस्थिति के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बहाल हो राज्य सरकार ने प्रदेश के दो सौ इक्कीस अंगीभूत कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या में बीस से पचास प्रतिशत तक की वृद्धि की है सीटों में बढ़ोत्तरी विषयवार की गयी है यह वृद्धि इसी शैक्षणिक सत्र दो हजार अठारह उन्नीस से लागू होगी शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है उच्च शिक्षा निदेशक सुशील कुमार ने सीटों में वृद्धि की सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और सभी संबंधित विश्वविद्यालयों को भेज दिया है ताकि बढ़ी हुई सीटों पर भी विद्यार्थियों का नामांकन किया जा सके स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के संविदा डॉक्टरों और अन्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी पटना के सभी वार्डो में जन सेवा केन्द्र खोले जायेंगे इन केन्द्रों पर नगर निगम के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इक्कीस से अधिक सुविधाएं मिलेगी जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में पुलिया के ऊपर लगे बैरियर से टकराकर वाहन पर सवार दो कांवरियों की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गये सीवान के भाजपा सांसद ओम प्रकाश यादव को एक बार फिर फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है सांसद को यह धमकी उस समय मिली जब वे दिल्ली से सीवान के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे सांसद ने इस संबंध में रेलवे पुलिस को सूचित करने के साथ साथ सीवान एसपी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है गया जेल ब्रेक कांड के दो अपराधियों को सारण पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि अपराधियों के पास से दो पिस्तौल और बारह कारतूस बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ सारण जिले के विभिन्न थानों में लूट के मामले भी दर्ज हैं पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में एक तालाब में नहाने गये दो भाइयों की डूबने से मौत हो गयी जबकि एक अन्य भाई की हालत गंभीर बनी हुई है बिहार और नेपाल के बीच तीन मैचों की कबड्डी सीरीज का अंतिम मुकाबला आज पटना के पाटलीपुत्र स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में खेला जायेगा दोनों टीम एक एक मुकाबला जीत कर बराबरी पर हैं पटना जिला अंतर विद्यालय बालक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है प्रतियोगिता में अंडर फौर्टीन अंडर सेवेंटीन और अंडर नाइनटीन वर्ग के मुकाबले होंगे पटना में खेली गयी ऑल इंडिया आरपीएफ कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण रेलवे ने जीत लिया है फाइनल मुकाबले में दक्षिण रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को उनचास सात से हरा दिया भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को पुलिस ने मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि टुनटुन साह के खिलाफ भागलपुर की एक अदालत से मारपीट और गोलीबारी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने गांवों में शिक्षकों की कमी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है शहरों में ज्यादा शिक्षक गांवों में टोटा अखबार की एक अन्य हैड लाईन है ब्रजेश के बेटे को सीबीआई ने पूछताछ के बाद उठाया दैनिक जागरण लिखता है आज दीघा रेलखंड की जमीन बिहार को देंगे रेल मंत्री अखबार की एक अन्य खबर है बहार से मैट्रिक इंटर करने वालों को भी मिलेगा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक निजी समाचार एजेंसी को दिये गये इंटरव्यू को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है एक साल में एक करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई दुष्प्रचार बंद करे विपक्ष प्रभात खबर की सुर्खी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह पहुंची सीबीआई दो सौ फाइलें जब्त अखबार की एक अन्य खबर है जेलों में छापेमारी मोबाइल चाकू गांजा शराब बरामद आज अखबार लिखता है वज्रपात की चपेट में आने से मॉ बेटा सहित छह की मौत